मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके साथ कड़ाई से निपटा जायेगा श्री योगी आज विधानसभा में बजट पर अपना वक्तव्य दे रहे थे

यह नागरिकता देने का कानून है आदरणीय प्रधानमंत्री यह बार बार कह चुके है कि किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने वाली है

प्रदेश के विकास को अवरूद्ध कर रहे हैं प्रदेश की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा हैं जब देश दुनिया के आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हैं और तब विपक्ष का इस प्रकार का रवैया अत्यन्त ही गैर जिम्मेदराना प्रर्ण है

उन्होंने कहा कि सरकार किसी वर्ग क्षेत्र और समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं बरतती है उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है

उधर विधान परिषद में आज मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पाटी के सदस्यों ने जनगणना में जातीय गणना कराने की मांग की इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह विषय राज्य सरकार का नहीं है इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार ही कोई निर्णय ले सकता है सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आ गये जिसके बाद सदन की कार्यवाही तीन चरण में पचपन मिनट तक स्थगित रही वहीं सदन में आज सपा सदस्यों द्वारा लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा से अरबी फारसी सोशल वर्क डिफेंस और कृषि अभियांत्रिकी विषयों को हटा देने का मामला भी प्रश्नकाल में उठाया गया जिसका समर्थन करते हुए भाजपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आयोग के इस फैसले के बाद प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा के दो अतिरिक्त अवसर और देने चाहिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्ट अप की व्यापक सम्भावनाएं हैं उन्होंने तकनीकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर प्रदेश में स्टार्ट अप कार्यक्रमों के लिए योजना बनाए जाने के निर्देश दिए

इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी विभाग अन्तर्विभागीय समन्वय के आधार पर स्टार्ट अप प्रोत्साहन के लिए कार्य करें

उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा हब आदि से स्टार्ट अप नीति को जोड़े जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कुशल मानव संसाधन एवं अन्य स्रोत उपलब्ध हैं जिनके आधार पर स्टार्ट अप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है भारतीय वायुसेना बालाकोट में किए गए हमले की आज पहली वर्षगांठ मना रही है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में आज ही के दिन आतंकवादियों के प्रशिक्षण ठिकानों पर वायुसेना ने बम बरसा कर उन्हें नष्ट कर दिया था इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को उसके अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए नमन किया है एक ट्वीट में रक्षामंत्रो ने कहा कि यह भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धाओं द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध की गई सफल कार्रवाई थी उन्होंने कहा कि भारत द्वारा बालाकोट में की गई वायुसेना कार्रवाइ आतंकवाद के विरूद्व भारत के सख्त रवैये को प्रदर्शित करती है श्री सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ नइ रणनीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने के तरीकों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया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

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से लोकसभा सासद मोहम्मद आजम खां को जिले की एक स्थानीय अदालत ने फर्जी हलफनामा मामले में दो मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुला आजम खां को भी जाली दस्तावेजों के आरोप में जेल भेज दिया गया है फर्जी आयू प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले म आजम खां के साथ रामपूर से विधायक उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और स्वार से विधायक बेटे अब्दुला खां की जमानत याचिका स्थानीय अदालत में खारिज कर दी गई थी

प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां आज अपने परिवार के साथ अदालत में पेश हुए इससे पहले कल स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और अदालत में पेश न होने पर उनकी सम्पत्तियों की कुर्की का आदेश दिया था रामपुर पुलिस ने अपने आरोप पत्र में तीनों पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया तथा चन्दौली जनपद में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया राज्य सरकार के प्रवक्ता ने लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री ने देवरिया तथा चन्दौली के जिलाधिकारियों को आकाशीय बिजली से मरने वालों के परिजनों का चार चार लाख रूपये की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने घायलों के समुचित चिकित्सा प्रबंध किये जाने के भी निर्देश दिये हैं उत्तर प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे अनेकता में एकता और सांस्कृतिक संगम को बढ़ावा दिया जा सके

इसके साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी प्रदेश में लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

वहीं झांसी के मऊरानीपुर में इस संबंध में एक ग्रामीण कार्यशाला का आयोजन भी हुआ

आज इस महोत्सव में देशभर के प्रसिद्ध कवि भी मुक्ताकाशी मंच के तले सांस्कृतिक समागम को बढ़ावा देने वाली कविताओं का पाठ करेंगे